औरंगाबाद के देव में नक्सली हमले में एक व्यक्ति की मौत

प्ररा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में

भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की टीम ने चिड़ियाघर का लिया जायजा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे कार्यक्रम की यह इक्यावनवीं कड़ी होगी इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और द्रदर्शन के सभी नेटवर्क पर किया जायेगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय दूरदर्शन डी डी न्यूज और प्रधानमंत्री कार्यालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी यह प्रसारण सुना जा सकता है आकाशवाणी की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट इन और सामाचार सेवा प्रभाग की वेबसाईट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू न्यूज ऑन एआईआर डॉट एनआईसी डॉट इन पर भी कार्यक्रम का प्रसारण सुबह ग्यारह बजे से किया जायेगा मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से किया जायेगा इसी प्रसारण को मैथिली में दोबारा रात्रि आठ बजे से सुना जा सकता है औरंगाबाद जिले के देव थाना क्षेत्र के सुदी बीघा गांव में नक्सलियों ने हमला कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी और लगभग आधा दर्जन वाहनों को आग के हवाले कर दिया नक्सलियों ने लेवी के लिये यह हमला किया और मौके पर ही विधान पार्षद राजन कुमार सिंह के चाचा नरेंद्र सिंह को गोली मार दी जबकि वहां खड़े वाहनों में आग लगा दिया घटना के बाद आईजी अभियान कुंदन कृष्णन ने बताया कि नक्सलियों के हमले की सूचना और घटना में एक व्यक्ति के मौत की खबर मिली है मामले की छानबीन की जा रही है आईजी ने बताया कि नक्सलियों के गिरफ्तारी के लिये छापेमारी की जा रही है मामले को देखते हुये पूरे क्षेत्र में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अलावा सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती कर दी गयी है प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है गया के बाद अब भागलपुर जिला भी शीतलहर की चपेट में आ गया है मौसम विभाग ने ठंड को लेकर अलर्ट जारी करते हुये कहा है कि दो जनवरी तक ठंड से राहत की संभावना नहीं है प्रदेश के पड़ोसी राज्यों से ठंडी हवा लगातार आने के कारण तापमान में गिरावट आ रही है मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि राज्य के अधिकतर शहरों में सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा वैज्ञानिकों का मानना है कि तापमान लगातार इसी प्रकार समान्य से नीचे रहा तो पाला पड़ने की संभावना बढ़ जायेगी जिससे खेतों में लगी फसलों पर असर पड़ेगा वहीं राजधानी पटना में न्यूनतम तापमान ने आठ सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुये छह दशमलव पांच डिग्री तक पहुंच गया जो समान्य से तीन डिग्री नीचे था इसके साथ ही गया का तापमान तीन दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जबकि भागलपुर का तापमान समान्य से पांच डिग्री नीचे रहा मुजफ्फरपुर में भी पिछले दस साल की सबसे सर्द रात रही जहां का न्यूनतम तापमान चार दशमलव नौ डिग्री तक पहुंच गया ठंड से अस्पतालों में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है वहीं घना कुहासा छाये रहने के कारण सड़क रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है पटना और राज्य के प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरने वाली ट्रेनें घंटों विलंब से चल रही है जबकि हवाई अड्डे पर दृश्यता कम होने के कारण पटना से उड़ान भरने वाले और यहां उतरने वाले विमानों का आवागमन प्रभावित हुआ है बिना चिप वाले एटीएम कार्ड दिसंबर महीने के बाद भी चालू रहेंगे भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने साफ तौर कहा है कि उनके खाताधारक इकतीस दिसंबर के बाद भी एटीएम कार्ड से निकासी कर सकेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के डिप्टी जनरल मैनेजर ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि बिना चिप वाले एटीएम कार्ड भी चलते रहेंगे मैनेजर ने बताया कि चिप लगे एटीएम कार्ड ग्राहकों को दिये जा रहे हैं जिसके सक्रिय होते ही पूराने कार्ड स्वतः बंद हो जायेंगे राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड ने कटाव निरोधी एक सौ छत्तीस योजनाओं को मंजूरी दी है इन योजनाओं पर लगभग पांच सौ बीस करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे विभाग के मंत्री राजीव रंजन सिंह ने बताया कि जिन योजनाओं को मंजूरी दी गयी है उनमें चार गंगा नदी के कटाव से बचाने की है उन्होंने कहा कि बाढ़ निरोधक कार्यों पर जनवरी से कमा शुरू होगा और किसी भी परिस्थिति में पंद्रह मई से पहले खत्म कर लिया जायेगा राजधानी पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में बर्ड फ्लू से दो और पक्षियों की मौत हो गयी है ये दोनों पक्षी पहले मरने वाले छह मोरों के पास के ही केज में रहते थे इन दोनों पक्षियों की मौत से चिड़ियाघर प्रबंधन सतर्क हो गया है पक्षियों की मौत को देखते हुये भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की दो सदस्यी टीम चिड़ियाघर पहुंच गयी है सदस्यों ने कहा कि बर्ड फ्लू केवल पक्षियों को प्रभावित करता है इसका खतरा बड़े जानवरों पर नहीं होता है दल ने मांसाहारी जानवरों को उनका भोजन सत्तर डिग्री तापमान पर उबाल कर देने की सलाह दी वहीं नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एण्ड एसोसिएट अस्पताल के चिकित्सकों का एक दल कल जैविक उद्यान का निरीक्षण करेगा दल के सदस्य दस दिन तक चिड़ियाघर में रहेंगे और बर्ड फ्लू बीमारी को फैलने से रोकने का उपाय करेंगे उधर बर्ड फ्लू को देखते हुये पीएमसीएच में मरीजों को अंडे के स्थान पर पालक पनीर देने का निर्णय अस्पताल प्रबंधन ने लिया है पीएमसीएच के प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर रंजीत जमैयार ने बताया कि बर्ड फ्लू मिलने के बाद से ही अस्पताल को अलर्ट पर रखा गया है इधर पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि तीस पक्षियों का सैंपल जांच के लिये कोलकता भेजा गया है जांच रिपोर्ट आने के बाद चिड़ियांघर को खोलने का निर्णय लिया जायेगा केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने समाज के कमजोर वर्गों का शैक्षिक और सामाजिक सशक्तिकरण किये जाने का आह्वान किया है जिससे उनका राजनीतिक शोषण रोका जा सके उन्होंने कहा कि बिना किसी भेदभाव के विकास करना नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार की प्राथमिकता है तिब्बती बौद्ध धर्म ग्रू दलाई लामा की तबियत खराब हो जाने के कारण बोधगया में आयोजित टीचिंग कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है जानकारी के अनुसार दलाई लामा को ठंड लगी है जिसके कारण मंजूश्री अभिषेक पाठ भी नहीं किया जा सका चिकित्सकों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है गोपालगंज मुजफ्फरपुर सारण और पूर्णिया जिले की पुलिस ने शराब और स्प्रीट के साथ तेरह लोगो को गिरफ्तार किया है प्रलिस ने गोपालगंज से आठ सौ मुजफ्फरपुर से चार सौ बावन और सारण जिले से एक सौ चार कार्टन शराब तथा पूर्णिया जिले में तैंतीस ड्रम में रखे गये बाईस सौ लीटर स्प्रीट को बरामद किया गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की जा रही है बांका जिले के बांका कटोरिया मार्ग पर अपराधियों ने दो दर्जन वाहनों में लूटपाट की अपराधियों ने वाहनों चालकों और यात्रियों से लगभग दो लाख से अधिक की संपत्ति लूट ली पुलिस मामले की छानबीन कर रही है दरभंगा जंक्शन पर जीआरपी और आरपीएफ पुलिस ने संयुक्त छापेमारी में हावड़ा रक्सौल ट्रेन से अठाईस लाख रूपये मूल्य के सोने चांदी के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है इनसे पूछताछ की जा रही है रणजी क्रिकेट प्रतियोगिता में आज बिहार का मुकाबला मिजोरम से होगा असम के जोरहाट डीएसए मैदान में खेले जाने वाले इस मुकाबले में सत्ताईस अंकों के साथ बिहार की टीम अंकतालिका में दूसरे स्थान पर है अब तक खेले गये छह मैचों में बिहार ने चार मैच में जीत हासिल की है वहीं राजस्थान में दो से छह जनवरी तक होने वाली उनतीसवीं राष्ट्रीय सीनियर सेपक टाकरा प्रतियोगिता के लिये बिहार टीम की घोषणा कर दी गयी है प्रूष वर्ग के टीम के कप्तान नीतीश कुमार जबकि महिला वर्ग के टीम की कमान नमिता सिन्हा को सौंपी गयी है उधर ओडिशा में खेली जा रही बारहवीं राष्ट्रीय सब जूनियर सॉफ्ट बॉल टेनिस प्रतियोगिता में बिहार के बालक वर्ग की टीम फाइनल में पहुंच गयी है सेमीफाइनल में बिहार ने गूजरात को पराजित किया और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने प्रधानमंत्री मोदी के हवाले से बड़ी सुर्खी बनायी है कर्ज माफी किसानों से धोखा दैनिक जागरण की बड़ी खबर है मिशेल ने लिया श्रीमती गांधी का नाम दैनिक भास्कर औरंगाबाद के देव में नक्सली हमला एक की हत्या तीन बस समेत सात वाहन फुंके को बड़ी खबर बनाया है प्रभात खबर लिखता है दिसंबर में ही भू जल स्तर घटा गर्मी में क्या होगा अखबार आज लिखता है बर्फीली हवाओं ने बढ़ायी कनकनी

औरंगाबाद के देव में नक्सली हमले में एक व्यक्ति की मौत

पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में

भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की टीम ने चिड़ियाघर का लिया जायजा